सुकमा जिले के तोंगपाल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए

लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं हर मुश्किल हालात हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है कुछ न कुछ सिखा करके जाती है सीख देती है कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है हमारे बिजनेस हमारे दफ्तर हमारे शिक्षण संस्थान हमारा मेडिकल सेक्टर हर कोई तेजी से नये तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं

देश में बिजनेस दफ्तर शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नये बदलाव हो रहे हैं प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं उन्होंने बताया कि देश के दूर दराज के क्षेत्र तक पांच सौ टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है

गरीबों को तीन महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर राशन जैसी सुविधायें भी दी जा रही हैं इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें गर्म पानी काढ़ा और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश बहुत फायदेमंद हैं प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि यह पर्व हमें पर्यावरण वन नदियों और समूची पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है श्री मोदी ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें कैबिनेट सचिव बैठक भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीब गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना वायरस से बचाव और जन स्वास्थ्य को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विस्तार से चर्चा की कैबिनेट सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण और बचाव के हरसंभव उपाय किए जाए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है कैबिनेट सचिव ने कहा कि सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के कार्य किए जाए मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के काम काज की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण जल संसाधन पंचायत सहित सभी निर्माण विभागों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नही किया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यो में थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की जाए वहीं मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ निर्माण और उन्नयन के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वन गमन पथ के स्थलों में व्यवसायिक दृष्टिकोण से पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके

इन पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है यह जानकारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को दी उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं को सील कर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है साथ ही पुलिस मुख्यालय में कोरोना सेल गठित किया गया है जहां से चौबीसों घण्टे सभी जिलों से संपर्क स्थापित कर कानून व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश की जेलों में कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही अनेक सावधानियां बरती जा रही है अब तक दो हजार तीन सौ सड़सठ बंदियों को रिहा किया गया है इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्ययोजना भी तैयार की गई है कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोना वायरस से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों में दूसरी बार संक्रमण नहीं हो सकता

संगठन ने कहा कि एंटीबॉडीज की प्रतिरोधी क्षमता को लेकर जोखिम रहित पुष्टि के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है

कोटा में चिकित्सकों और अधिकारियों की टीम द्वारा इन बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ वापसी के लिए बसों में बिठाया जा रहा है चिकित्सा टीम ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों की जांच की और संभागवार तय की गई बसों में उन्हें बिठाने की व्यवस्था की छत्तीसगढ़ वापसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और इस व्यवस्था में शामिल पुलिस चिकित्सा परिवहन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी बस चालकों और परिचालकों का विद्यार्थियों ने आभार व्यक्त किया है इन विद्यार्थियों ने बसों के पहुंचने पर चिकित्सा टीम और पुलिस के जवानों का छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की हर्ष ध्वनि के साथ स्वागत किया जैसी कि जानकारी दी जा चुकी है कि राज्य के करीब ढ़ाई हजार बच्चों की वापसी के लिए संतानवे बसों को कोटा भेजा गया है इनमें संभागवार बस्तर के लिए छह सरगुजा के लिए चौबीस रायपुर के सोलह दुर्ग के लिए चौदह और बिलासपुर के लिए अट्ठाईस बसें शामिल हैं विद्यार्थियो को कोटा राजस्थान से रायपुर लाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी मुकेश कोठारी ने बताया कि राज्य के सभी जोन के विद्यार्थियों की वापसी के लिए समय और स्थान निर्धारित कर दिया गया है वापसी के बाद इन बच्चों को चौदह दिनों तक क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा इसके बाद ही इन्हें घरों के लिए रवाना किया जाएगा

अंबिकापुर के गुरूसिंह सभा गुरूद्वारे की ओर से जरूतरमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है इस गुरूद्वारे में सेवाकर्मी स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिदिन करीब एक हजार लोगों का भोजन तैयार कर रहे हैं वहीं आगरा से भिलाई पहुंचे बीएसएफ के चौदह जवानों में से बारह जवानों को स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारेंटाइन कर दिया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ने बताया कि इन चौदह जवानों में से दो जवानों में कोरोना संक्रमण के लक्षण होने के कारण इन्हें आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है अन्य जवानों की रिपोर्ट आज देर रात या कल तक आने की संभावना है दुर्ग के रिसाली स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर के आईजी जेएमडी प्रसाद ने बताया कि अधिकारियों के व्यक्तिगत सहयोग से कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों को सूखा राशन का वितरण किया गया उधर महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया है कि सभी पुलिसकर्मी आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद भी की जा रही है इसी जिले के सरायपाली में कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए जब स्वास्थ्यकर्मियों ने एक रैली निकाली तब लोगों ने इन स्वास्थ्यकर्मियों पर पुष्पवर्षा कर आभार जताया महासमुंद में रेडक्रॉस सोसायटी ने संकट की घड़ी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए दो लाख रूपये के पर्सनल प्रोटेक्शन किट पीपीई का सहयोग जिला प्रशासन को दिया है

इसी कड़ी में जबलपुर से बिलासपुर जा रहे श्रमिकों को रोककर न केवल उन्हें भोजन कराया गया बल्कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वाहनों की व्यवस्था कर इन्हें इनके गृह ग्रामों के लिए रवाना किया गया इसके अलावा जांजगीर चांपा पुलिस कोरोना और लॉकडाउन के विषयों को लेकर फेसबुक पर लाईव होकर लोगों से चर्चा कर रही है फेसबुक लाईव के पहले दिन पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने कई विषयों पर लोगों के सवालों का जवाव दिया बिलासपुर जिले में भी पुलिसकर्मी सक्रियता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को महिला कल्याण संगठन ने गरीब परिवारों को सूखा राशन वितरित किया संगठन की अध्यक्ष अपर्णा सहाय ने बताया कि महिलाओं को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने और मास्क का इस्तेमाल करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है इधर बालोद जिले के चार सौ चौदह ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत दो हजार से अधिक विकास कार्य चल रहे हैं कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कार्य मिलने से उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है इसी तरह नारायणपुर जिले के इकयासी ग्राम पंचायतों में भी मनरेगा के तहत करीब चार सौ छत्तीस निर्माण कार्य जारी है इस वजह से लॉकडाउन की अवधि में लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है

बताया जाता है कि ये सभी रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद और नागपुर गए हुए थे लॉकडाउन के बाद रोजगार बंद होने की वजह से ये राजनांदगांव आ रहे थे स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया

इनमें से एक माओवादी की शिनाख्त माओवादियों की कांगेर घाटी एरिया कमेटी के सेक्शन कमांडर महादेव के रूप में हुई है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने कल तोंगपाल इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया था

मुठभेड़ के बाद कल मौके से तीन लाख रूपये के इनामी माओवादी का शव बरामद किया गया आज मुठभेड़ स्थल पर दोबारा सर्चिंग की गई तो एक अन्य माओवादी का शव बरामद हुआ है जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि कल हुई मुठभेड़ में यह माओवादी घायल हो गया था और घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर छिपा हुआ था

घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने बंदूक सहित कई अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है अक्षय तृतीया आज प्रदेश में अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है आज के दिन लोग शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया का पर्व अक्ति के नाम से जाना जाता है आज के दिन गुड़े गुड़ियों की शादी की रस्म निभाई जाएगी छत्तीसगढ़ में इसे पुतरा पुतरी की शादी भी कहा जाता है हालांकि लॉकडाउन की वजह से राजधानी रायपुर सहित विभिन्न शहरों कस्बों के बाजारों में इस बार मिट्टी के गुड्डे गुडियों की बिक्री काफी कम हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मौसम विदर्भ से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसके असर से राज्य में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित राज्य के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई

रायपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है महासमुंद जिले के अनेक स्थानों पर बीती रात हुई ओलावृष्टि से धान की फसलों को नुकसान हुआ है स्थानीय किसानों ने मुआवजे की मांग की है वहीं बलरामपुर जिले के पास्ता थाना क्षेत्र स्थित उलियाबांध गांव के पास बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े किशोर की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई

मौके से भारी मात्रा में नकली सॉफ्ट ड्रिंक बरामद किया गया है इस कारखाने में राष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद तैयार किया जा रहा था लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला खाद्य अधिकारी की अगुवाई में शहर के अनमोल गृह उद्योग में छापा मारा गया फिलहाल इस कारखाने को सील कर दिया गया है संक्षिप्त समाचार बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में आज खेल खेल में तालाब में डूबने से पांच और आठ साल के चचेरे भाई बहन की मौत हो गई

कोरबा जिले के पाली बंधाखार के पास आज सुबह दो वाहनों के बीच भिडंत हो गई यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहनों में आग लग गई और एक वाहन का चालक केबिन के भीतर ही जल गया जिससे उसकी मौत हो गई जिले के ही रजगामा थाना क्षेत्र स्थित बालको बंदेरी उपरपारा के पास जंगल में महुआ बीनने गया एक युवक भालू के हमले में घायल हो गया महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन के पास पारा गांव में दो दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं